राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी की परीक्षायें कल से परीक्षा के लिए साढे पांच हजार से ज्यारा केन्द्र बनाये गये उच्चतम न्यायालय ने राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के मुद्दे पर सुनवाई पूरी कर ली है न्यायालय अपना फैसला बाद में सुनाएगा प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि न्यायालय मामले की गंभीरता को समझता है और वह यह भी समझता है कि इस मामले में मध्यस्थता का देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा न्यायालय ने संबंधित पक्षों से कहा कि वे इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का प्रयास करें क्योंकि यह मामला लोगों की आहत भावनाओं को राहत पहुंचाने से भी जुड़ा है

यह याचिका पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा अरूण शौरी तथा वकील प्रशांत भूषण और अन्य ने दायर की है मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में बाद में दायर किए गए प्रक शपथ पत्रों या अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं करेगी

कलब्र्गी में आयोजित एक समारोह में श्री मोदी ने बेंगलुरू स्थित ई एस आई सी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज देश को समर्पित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रशासन में पारदर्शी ढंग से काम करने की जो शुरूआत की है उससे एक लाख दस हजार करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन की बचत हुई है

केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री की तरफ से दरगाह में चादर पेश कर देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया

उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से सरहद पर मौजूदा स्थितियों के बारे में जानकारी ली और जवानों की हौसला अफज़ाई की

इस दौरान उप महानिरीक्षक गुरपाल सिंह ने बीएसएफ की कार्य प्रणाली के बारे में बताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गडरा चौकी के व्यू पॉइंट से सरहद पार गतिविधियों की जानकारी ली इससे पहले उन्होंने राणासर गांव में जन सभा को सबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कई जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं

इस मौके पर श्री नकवी ने कहा कि किसी भी समाज की तरक्की में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है उन्होंने आशा जताई कि इस विश्वविद्यालय में भविष्य में ना सिर्फ विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय शैक्षणिक माहौल मिलेगा बल्कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा

मजदूरी की नई दरें आगामी एक मई से लागू होंगी

सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटा संभाग के किसान कल से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे

उन्होंने कहा कि किसान ई मित्र केन्द्र या संबंधित खरीद केन्द्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये हैं

सुमेरपुर के केनपुरा के पास आज सुबह दो बसों की टक्कर से ये हादसा हआ

आठ जिलों सीकर झुंझुनू नागौर दौसा करौली सवाई माधोपुर जोधपुर और बाड़मेर में परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाएगी सचिव ने बताया कि बोर्ड ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए अपने स्तर पर साठ उड़न दस्तों का गठन किया है जबकि जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर सवा सौ से ज्यादा उड़न दस्ते बनाए गए हैं

भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया